न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा हमे पुरानी धारणाओं को बदलना होगा हमे एक दूसरे के अधिकारों का आदर करना चाहिए

बंद के मददेनजर एहतियात के तौर पर दस जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया बंद को देखते हए प्रशासन ने समता आंदोलन के अध्यक्ष पारासर नारायण को नजरबंद कर लिया प्रशासन ने आंदोलन के दस से अधिक नेताओं को घरों में ही रहने के लिए पाबंद किया है कई पेट्रोल पंपों ने भी बंद को समर्थन देते हए तीन घंटे के लिए पम्प बंद रखें बंद को व्यापारिक संगठनों ने भी समर्थन दिया बंद के मददेनजर जयपुर सहित समूचे प्रदेश में अधिकांश गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने पहले से ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का एलान कर दिया था बडी संख्या में राजकीय कर्मियों के अवकाश पर चले जाने से दफ़तर भी सुने रहे बंद का सर्वाधिक असर राजधानी जयपुर सहित हिंडौन करौली बांरा जोधपुर में रहा जहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया सवाईमाघोप्र बारां टोंक अलवर में बंद समर्थकों और पुलिस के बीच मामूली झड़पें हई उदयपुर में बंद का व्यापक असर रहा वहीं सीकर में आवश्यक सेवाओं पर भी असर देखा गया भीलवाड़ा जिले के सभी कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार बंद रहे जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ

चित्तौड़गढ जिले में उपखंड मुख्यालय बेगूं कपासन गंगरार भदेसर बडी सादड़ी और विभिन्न कस्बो में भी बंदका व्यापक असर देखा गया विशिष्ट पुलिस महानिदेशक एन आर के रेड़डी ने आकाशवाणी को बताया कि छट पुट घटनाओं को छोड़कर बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा

इसके बाद पुलिस के साथ हई नोकझोंक के चलते हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें छोड़कर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खदेड़ने का प्रयास किया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चांदना ने लाठीचार्ज की निंदा की है

पास हुए विधेयकों में निजी विष्वविद्यालयों के विधेयक भी शामिल हैं विधानसभा में पक्ष विपक्ष के शोरगुल और हंगामे के कारण कार्यवाही दो बार बाधित हुयी सदन में अपरान्ह दो बजे बाद सदन में विधायी कार्य निपटाये गये विपक्ष ने राजस्थान गौरव यात्रा पर चर्चा की मांग की जिसे सभापति द्वारा अस्वीकार किये जाने पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे और वैल में आ गये विपक्ष के शोर शराबे के बीच ही राज्य सरकार की ओर से अधिसुचनाएं और प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखे गये विपक्ष द्वारा विधायकों के सवालों को अप्रासंगिक मानकार समाप्त करने तथा राजस्थान गौरव यात्रा में सरकारी मषीनरी के द्रूपयोग के विरोध में हंगामा किया गया

मुख्यमंत्री ने संभाग के मुकाम पुगल लूणकरनसर में जनसभाएं कीं

इस कार्यक्रम के माध्यम से नागौर जिले में गम्मीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को सर्जरी सहित अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर उन्हें नया जीवनदान दिया गया है

जयपुर में सुबह हल्की बारिश हुई जबकि सवाईमाधोपुर में दिनभर रूक रूक कर बारिश का दौर चलता रहा धौलपुर में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ